नामांकन पत्र दाखिल राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन अट्ठारह सीटों के लिए मतदान होना है वहां कल नामांकन भरने की अंतिम तिथि है इस बीच बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश गागड़ा ने आज अपना नामांकन जमा किया इसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ से सकनी चंद्रेया समाजवादी पार्टी से पुनेम संतोष और आम आदमी पार्टी से त्रिपत यलाम सहित कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने कलेक्टोरेट पहुंचे थे वहीं कोण्डागांव और केशकाल विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इनमें कांग्रेस उम्मीदवार मोहन लाल मरकाम और बहजन समाज पार्टी के नरेन्द्र नेताम शामिल हैं केशकाल विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार संतराम नेताम और बसपा के जुगलकिशोर बोध तथा राईट पार्टी ऑफ इंडिया के ईश्वर लाल कोर्राम ने भी आज नामांकन जमा किया इसके अलावा कांकेर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कोमल हपेंडी ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया श्री हपेंडी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं साथ ही पार्टी के अन्य बारह उम्मीदवारों ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल किया वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल कई दिग्गज नेता अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित राजनांदगांव जिले के सभी भाजपा प्रत्याशी कल दोपहर राजनांदगांव जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोशल मीडिया छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग आचार संहिता के तहत किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लगाने के लिये राजनीतिक दलों और समुहों के सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रहा है आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि अन्य प्रचार माध्यमों पर लागू होने वाले सभी कानून प्रावधान और नियम सोशल मीडिया पर भी लागू होंगे सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्टॉनिक मीडिया इसके ऊपर नजर रखी जा रही है हमारे टीम्स इसमें लगे हुए हैं चौबीस घंटा ऑपरेट होता है इसमें अगर कोई ऐसी तथ्य सामने आता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या कोई आपत्तिजनक चीज हई है हम उसमें जरूर कार्रवाई करते हैं

इसी कड़ी में कोण्डागांव के जिला निर्वाचन उड़नदस्ता और पुलिस के संयुक्त दल ने एक घर से उन्नीस नग एलसीडी टीवी सत्रह बोरे में भरकर रखा गया जूता सात कृलर और पांच साउंड सिस्टम बरामद किए हैं फिलहाल इन सामानों का कोई सही दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से आगे की कार्रवाई की जा रही है वहीं कोंडागांव जिले में ही जिला मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने के कारण तीन प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इनमें केशकाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता उसेण्डी के पार्टी कार्यकर्ताओ द्वारा सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार किए जाने का मामला सामने आया है आयोग ने इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना है स्वीप कार्यक्रम बस्तर जिले में निर्वाचन से जन जन को जोड़ने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के टाकरागुड़ा में महिलाओं ने रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के इस्तेमाल का संदेश दिया इसी तरह महासमुंद जिले में मतदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों और आम नागरिकों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई कल पिथौरा के खेल मैदान में मानव श्रृंखला बनाने के साथ ही बाईक रैली भी निकाली जाएगी इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान मत महोत्सव का आयोजन किया गया

आज रायपुर साईंस कालेज मैदान में किसान सम्मलेन को संबोधित करते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का प्रचार करने पहंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों गरीबों और आदिवासियों के हितों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो दस दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा अपने रायपुर प्रवास के दौरान राहल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक लेकर पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की भाजपा स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित चालीस दिग्गज नेताओं के नाम हैं सुची में शामिल दिग्गज नेताओं में प्रमुख रूप से गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी शामिल हैं स्टार प्रचारकों की सुची में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कुछ अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रखा गया है एनसीपी उम्मीदवार राज्य में विधानसभा निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने का सिलसिला जारी है इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने भी आज उम्मीदवारों की पहली सुची जारी करते हए तेरह नामों की घोषणा की गौरतलब है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चालीस सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है दुर्घटना बालोद जिले में आज सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दस अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हो गए इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं बताया जाता है कि के डौंडी के पास ट्रक और सवारी टैक्सी में भिड़त हो गई यह द्वर्घटना इतनी भीषण थी कि टैक्सी के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री इमसें फंस गए स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला जा सका घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दषहरा में आज कुटुंब जात्रा पूजा विधान संपन्न हुई परंपरा के अनुसार बस्तर दषहरा में जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है उन्हें आज सम्मानपूर्वक विदाई दी गई इस अवसर पर जगदलपुर में हए विशेष कार्यक्रम में मां दंतेष्वरी के अलावा छोटे डोंगर और बड़े डोंगर माता को विदाई दी गई कार्यक्रम में मांझी मुखिया और चालकी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालू मौजूद थे संक्षिप्त समाचार महासमुन्द जिले में बीती रात जंगली हाथियों के दल ने एक ग्रामीण को कुचल कर मार डाला खैरखूँटा गांव में एक किसान अपने खलिहान में धान की रखवाली करने सोया हुआ था इसी दौरान हाथियों के दल ने ग्रामीण पर हमला कर दिया धमतरी जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए चार सौ अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया दुर्ग के केंद्रीय जेल में आज पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की